ये सर्वे राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों की संतोषजनक रेटिंग के आधार पर किया गया है सर्वे में जयराम ठाकुर देश के सातवें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर रूचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है

इस बीच जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है न्यायालय के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इस भर्ती प्रकिया में कोई अनियिमतता नहीं हुई है और विपक्ष द्वारा इस मामले को व्यर्थ में उछाला जा रहा है इस मामले में विपक्ष के आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन व निराधार है दोनों मंत्रियों ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने सीबीआई की विस्तृत जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ये निर्णय लिया है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

ये दोनों ही हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था अब इन दोनों संक्रमितों को कोविड केयर सैंटर बालू भेजा जाएगा

इस अध्यादेश से किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने पटवारी भर्ती मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पटवारी भर्ती में सीबीआई की क्लीनचिट के बाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका पंजाब केसरी का शीर्षक है नहीं हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली याचिका खारिज दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पटवारी भर्ती को क्लीनचिट हिमाचल दस्तक के अनुसार पटवारी भर्ती को प्रदेश हाईकोर्ट की क्लीनचिट आपका फैसला के मुताबिक हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती को दी क्लीनचिट धांधली को लेकर दायर याचिका खारिज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने देश के बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं टीजीटी बैचवाइज़ भर्ती शुरू शेड्यूल किया जारी

इसी पत्र के अनुसार पहले पत्नी को फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी अब प्रमोशन के लिए बदल दिए नियम जांच शुरू स्वास्थ्य विभाग का एक और अधिकारी घेरे में

नमस्कार